प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा केन्द्र में चलाई गई प्रगति ऐप की तर्ज पर प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हिम प्रगति नामक ऑनलाईन प्रणाली शुरू की है

इसके अलावा मुख्यमंत्री अपने दौरों के दौरान जो भी घोषणाएं करेंगे उनकी निगरानी भी इसी ऐप के माध्यम से की जाएगी

पशुओं के लिए चारा मुहैया करवाने के लिए परिवहन में सौ फीसदी खर्च उठाने का भी फैसला लिया गया है

शहीद कश्मीर में शहीद हुए ऊना ज़िले के बंगाणा उपमंडल के ननावीं गांव के ब्रजेश क्मार का आज उनके पैतुक गांव में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया क्षेत्र के हज़ारों लोगों ने नम आंखों से देश के वीर सपृत को अंतिम विदाई दी प्रदेश सरकार की ओर से ग्रामीण विकास व पंचायतीराज मंत्री वीरेन्द्र कवर ने पुष्प अर्पित कर बहादुर जवान को श्रद्वांजलि दी

ये जानकारी विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने आज नाहन में जनसमस्याओं को सुनते हुए दी उन्होंने कहा कि नाहन में वाहनों की पार्किंग के लिए दो करोड़ रुपये की महत्वकांक्षी परियोजना तैयार की गई है जिससे लोगों को अपने वाहन खडे करने की सुविधा उपलब्ध होगी इसके अलावा सार्वजनिक शौचालय पार्क रैनबसेरा और पुस्तकालय सहित अनेक विकास कार्य किए जा रहे हैं गोबिंद ठाकुर परिवहन मंत्री गोबिंद सिंह ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभद्र टिप्पणियों के लिए कांग्रेस नेताओं की कडी निंदा की है उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के खिलाफ किए गए प्रदर्शन और अभद्र टिप्पणी का जवाब देश की जनता आगामी लोकसभा चुनाव में देगी उन्होंने कहा कि आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरगामी सोच व कल्याणकारी नीतियों के लिए देश विदेश में सराहना हो रही है जबकि कांग्रेस पार्टी उन पर व्यक्तिगत टिप्पणियां कर रही है जो देश की जनता को मंजूर नहीं है दुर्घटना शिमला ज़िला के ठियोग में फागू के समीप एक जीप के गहरी खाई में गिरने से वाहन चालक सहित दो लोगों की मौत हो गई जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए जानकारी के मुताबिक कल देर शाम ये हादसा उस समय हुआ जब चार युवक फागू से अपने गांव अलोटी जा रहे थे आवेदन हमीरपुर ज़िला के सुजानपुर टीहरा स्थित सैनिक स्कूल में छठी और नवीं कक्षा में प्रवेश के लिए ऑनलाईन आवेदन प्रकिया शुरू हो गई है

आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी स्कूल की वैबसाईट पर उपलब्ध है अनुराग सरकार की जनकल्याणकारी व विकासात्मक योजनाओं को पात्र लोगों तक पहुंचाने के लिए सभी अधिकारी आपसी तालमेल और कर्तव्यनिष्ठा से अपने दायित्व का निवर्हन करे तार्कि अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो सके ये बात सांसद अनुराग ठाकुर ने बिलासपुर में जिला विकास समन्वय व निगरानी समिति की बैठक में कही उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं का पूरा ध्यान आम जनता पर केंद्रित है ताकि हर व्यक्ति को विकास की राह से जोड़ा जा सके अनुराग ठाकुर ने सभी विभागों को सरकारी योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने के निर्देश दिए